उन्होंने कहा कि ये बड़े आश्चर्य और गर्व की बात है कि जिस पार्टी के कभी संसद में दो सदस्य थे वह आज इतने बड़े पैमाने पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनुपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आहवान भी किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महान विद्वान संन्यासी और राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानन्द के उपदेश आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं स्वामी विवेकानन्द का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वामी जी को युवा शक्ति पर अट्ट विश्वास था सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द की सोच अपने समय से बहुत आगे की थी दूसरी ओर इस मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए युवा सेवा व खेल विभाग द्वारा सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए लोकगायन सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने कहा कि यदि युवा संगठन में रहकर विवेकानन्द के बताए मार्ग का अनुसरण करें तो वे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है अनुराग इस बीच सांसद अनुराग ठाक्र ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाने और स्वामी विवेकानन्द के आदर्शो पर चलकर समाज के नवनिर्माण में सहयोग देने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं

योजना के तहत प्रदेश के उन सभी परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है जो केन्द्र सरकार की उज्वला योजना में शामिल नहीं हैं सभी जिलों को चरणबद्व आधार पर गृहिणी सुविधा योजना के तहत लक्ष्य प्रदान किए गए हैं

सीबीएसई से जारी परिपत्र के मुताबिक एक परीक्षा बेसिक जबकि दूसरी परीक्षा स्टैंडर्ड आधार पर होगी परीक्षा में गणित का मौजूदा स्तर व पाठयक्रम एक समान रहेगा बोर्ड के अनुसार दो स्तर की परिक्षाओं से विद्यार्थियों का तनाव भी कम होगा इस बीच सी बीएसई ने दस जमा दो के छात्रों को राहत देते हुए कई विषयों की परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया है मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज बादल छाए रहे और दिनभर सर्द हवाओं का दौर जारी रहा हालांकि लाहौल स्पीति में दोपहर बाद एक बार फिर रूक रूक कर हिमपात शुरू हुआ जिससे समूचा ज़िला कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है हमारे केलंग प्रतिनिधि के अनुसार ज़िले में बीएसएनएल की सेवा प्री तरह ठप्प है और लोगों को पेयजल सहित यातायात समस्या से भी जूझना पड़ रहा है